राज्यपाल ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ग्रामीण स्तर तक पहुंचाने के लिए जागरूकता शिविर लगाने की जरूरत बताई प्रदेश सरकार व्यवस्था में और पारदर्शिता लाने के उदेश्य से स्थापित करेगी रैंडम और इंस्पैक्शन पोर्टल मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ने कहा है कि प्रदेश में आधुनिक चिकित्सा उपकरणों के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएंगी शिमला स्थित इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय व अस्पताल में रोबोटिक सर्जरी पर आयोजित एक कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये जानकारी दी मुख्यमंत्री ने कहा कि रोबोट द्वारा की गई सर्जरी वास्तव में एक वैज्ञानिक चमत्कार है और आईजीएमसी में इस मशीन को उपलब्ध करवाने पर सरकार विचार करेगी उन्होंने कहा कि सरकार अन्य स्वास्थ्य संस्थानों के अलावा आईजीएमसी और स्वास्थ्य महाविद्यालयों को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि आईजीएमसी देश के स्वास्थ्य संस्थानों में से एक प्रमुख स्थान बनकर उभरा है और राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है बैंड प्रतियोगिता मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने यूवाओं से पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियों में बढ़चढ़ भाग लेने को आह्वान किया है केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय और हिमाचल समग्र शिक्षा शिमला के समन्वय से शिमला के रिज मैदान पर आयोजित उत्तर क्षेत्रीय बैंड प्रतियोगिता के शुभारम्भ अवसर पर उन्होंने ये बात कही मुख्यमंत्री ने अध्यापक वर्ग से बच्चों में छिपी प्रतिभाओं को उभारने में अपना सहयोग देने का आहवान किया इस अवसर पर शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे

इसका उद्देश्य सांसदों की नेतृत्व क्षमता और वचनबद्धता को बढ़ाना है केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कल राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि इसका उद्देश्य ग्रामीणों में नैतिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाना और अन्य लोगों के लिए उन्हें एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना है बिक्रम ठाकुर उद्योग मंत्री बिक्रम ठाक्र ने लोगों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने का आहवान किया है

उद्योग मंत्री ने सभी विभागों को सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने के निर्देश दिए वीरेंद्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने आज ऊना ज़िला के थाना कलां से पशुपालन विभाग की एक एम्बुलेंस को हरीझंडी दिखाकर रवाना किया उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस के माध्यम से बंगाणा ऊना और अम्ब उपमंडल के पशुपालकों को सुविधा मिलेगी वीरेंद्र कंवर ने बताया कि आर्टिफिशियल इंडेक्शन ऑफ मिल्क तकनीक माध्यम से बेसहारा गायों का पूर्नवास करने का प्रयास किया गया है इससे सड़कों पर बेसहारा गौवंश की समस्या को कम करने में मदद मिलेगी रामस्वरूप सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार लोगों को गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने पर ध्यान दे रही है मंडी जिले के नेरचौक स्थित लाल बहादुर शास्त्री राजकीय आर्यविज्ञान संस्थान में खून के नमूनों के परीक्षण के लिए निर्मित अत्याधुनिक प्रयोगशाला के लोकार्पण अवसर पर आज उन्होंने ये बात कही

उन्होंने सांसद निधी से संस्थान को रोगी वाहन भी भेंट किया सैजल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने अधिकारियों को लोगों के कार्य बिना किसी विलम्ब के प्राथमिकता के आधार पर करने के निर्देश दिए हैं सोलन में ज़िला शिकायत निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं को हलके में लेने वाले अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा इस दौरान सैजल ने बिजली पानी सड़क व स्वास्थ्य सहित अनेक मुद्दों पर प्राप्त हुई शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी पहुंचाने के उद्देश्य से जागरूकता शिविर लगाने पर बल दिया है वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कल सोलन में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में हुई एक बैठक में उन्होंने ये बात कही राज्यपाल ने कृषि विभाग से किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने को कहा

रैंडम पोर्टल प्रदेश सरकार व्यवस्था में और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से सूचना प्रौद्योगिकी के सहयोग से रैंडम इंस्पैक्शन पोर्टल शुरू करेगी

मुख्य सचिव ने बताया कि पोर्टल का निर्माण रैंडम अधिकारियों द्वारा विभिन्न विभागों के औचक निरीक्षण के लिए किया जा रहा है

आज शिमला में इस संबंध में आयोजित एक बैठक में उन्होंने विभिन्न विभागों में केंद्र प्रायोजित योजनाओं और सामान्य बजट का उपयोग सुनिश्चित करने को कहा दृष्टिबाधित राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ के महासचिव संतोष कुमार रूंगटा ने कहा है कि मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने संघ की लंबित मांगों पर प्रभावी कार्रवाई का आश्वासन दिया है शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि इस संबंध में संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने कल शिमला में मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर से मुलाकात की रूंगटा ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल ने आज मुख्य सचिव श्रीकांत बाल्दी से मुलाकात कर विभिन्न मांगों पर विस्तृत चर्चा की इस दौरान मुख्य सचिव ने पथ परिवहन निगम को सभी बस अड्डों व बसों में दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी करने को कहा उन्होंने कहा कि कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग तीन माह में दृष्टिबाधितों के लंबे समय से रिक्त पदों के बैकलाग को पूरा करने पर विचार करेगा रोहतांग दर्रा भारी बर्फबारी से बंद लाहौल स्पिति के प्रवेश द्वार रोहतांग दर्रे को खोलने के लिए सीमा सड़क संगठन युद्ध स्तर पर जुटा है हालांकि माईनस तापमान और बर्फीली हवाओं के बीच भारी हिमपात में रोहतांग दर्रा बहाल करना एक बड़ी चुनौती है केलंग के एसडीएम अमर नेगी ने बताया कि ज़िला प्रशासन संगठन के अधिकारियों से लगातार संपर्क में है और दर्रा बहाल करना मौसम की रिथति पर निर्भर करता है